राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसानों से जैविक खेती अपनाने पर जोर दिया है

जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा आज से आगरमालवा राजगढ़ और गुना जिले में भ्रमण करेगी

राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रासायनों के बढ़ते उपयोग से मिट्टी पर दुष्प्रभाव के साथ उत्पादन प्रभावित होने पर चिंता जाहिर करते हुए किसानों से परंपरागत खेती से जैविक खेती की ओर बढ़ने को कहा है उन्होंने कल देवास जिले में सोनकच्छ तहसील के ग्राम अरनिया जागीर में किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार भी जैविक उत्पादों के अच्छे मूल्य दिलाने के लिए प्रयास कर रही है इस अवसर पर उन्होंने प्रगतिशील आध्रनिक पद्धतियों से की जा रही संरक्षित एवं जैविक खेती का अवलोकन किया तथा दूसरे किसानों को भी इससे प्रेरणा लेकर जैविक खेती अपनाने का आग्रह किया राज्यपाल ने कहा कि किसान रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग करें मिट्टी का परीक्षण कराकर जिन तत्वों की आवश्यकता खेत की मिट्टी को है केवल उन्हीं उर्वरकों को जरूरत अनुसार उपयोग करें राज्यपाल ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के साथ ही स्वसहायता समूहों की महिलाओं से संवाद भी किया हॉस्टल निरीक्षण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मुख्यमंत्री निवास पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में आश्रय स्थलों का हर महीने निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं पत्रकार वेलफेयर सोसायटी के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से मन व्यथित होता है श्री चौहान ने बताया कि बालिका छात्रावास में एनजीओ संचालक द्वारा मूक बधिर युवती से ज्यादती करने की अप्रिय घटना का आरोपी पकड़ा गया है और उसे कड़ी सजा दिलाई जायेगी श्री चौहान ने कहा कि इस घटना को गंभीरता से लिया गया तथा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है जांच पड़ताल कर जल्दी ही चार्जशीट प्रस्तृत की जायेगी आरोपी को कड़ी सर्जा दिलाई जायेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश के उन सभी अनुदान प्राप्त निजी या सरकारी आश्रय स्थलों का हर माह निरीक्षण किया जायेगा जहाँ बेटियां रहती हैं जीएसटी रिटर्न सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यापारियों के लिए वस्तु और सेवाकर जीएसटी के बिक्री रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि संशोधित कर निर्धारित अवधि के अगले महीने की ग्यारह तारीख तक कर दी है

संसद संसद के दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है

यह पिछले बेजट सत्र से तीन गुना रही उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सदस्यों ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक और सार्थक चर्चा की

प्रदेश में जुलाई माह में हुई पर्याप्त बारिश से किसानों ने फसलों की बुआई का काम तेजी से किया है

किसानों द्वारा दलहनी फसलों की बोआई का कार्य भी किया जा रहा है

केले की फसल को हुए नुकसान के ऐवज में यह राशि दी जायेगी

शनिचरी अमावस्या हरियाली अमावस्या और शनिचरी अमावस्या के मौके पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे इस मौके पर पित्रों की स्मृति में पौधे लगाने के महत्व को देखते हुए पौधरोपण किया जायेगा राजधानी भोपाल के शनि मंदिरों में खासतौर पर विशेष पूजाअर्चना की जा रही है मुरैना जिले के ग्राम ऐती के प्राचीन शिव मंदिर पर देर रात से शनि मेला आरंभ हो गया जहां बड़ी संख्या में प्रदेश से बाहर के श्रद्वालु भी पहॅंचे हैं इन्दौर के शनि मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्वालुजन पहुॅच रहे है कांग्रेस चुनाव समिति कांग्रेस आलाकमान ने कल मध्यप्रदेश के लिए चुनाव समिति के गठन को मंजूरी दे दी है पार्टी महासचिव अशोक गहलोत द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक चुनाव समिति में चौबीस सदस्यों को शामिल किया गया है इसके अलावा पार्टी के अन्य संगठनों जैसे महिला कांग्रेस एनएसयूआई यूवा कांग्रेस सेवा दल सहित अन्य सहयोगी संगठनों के अध्यक्षों को भी जगह दी गई है समिति में शामिल प्रमुख नामों में कमलनाथ ज्यातिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह अजय सिंह सत्यव्रत चतुर्वेदी विजयलक्ष्मी साधौ इन्द्रजीत पटेल जीतू पटवारी सहित प्रदेश के सभी जाने माने नाम शामिल हैं

ये गाड़ी रास्ते में इटारसी आमला जंक्शन नागपुर सेवाग्राम चन्द्रपुर बल्लारशाह सिरपुर कागजनगर रामागुण्डम वारंगल खम्मम विजयवाड़ा जंक्शन नेल्लोर गुडूर जंक्शन और सुल्लुरूपेटा स्टेशनों पर रुकेगी मौसम प्रदेश में वर्षा का दौर जारी है राजधानी भोपाल में भी कल रात से रूक रूक कर हल्की बारिश हुई इन्दौर में भी कल लंबे इंतजार के बाद बारिश हुई

आगामी चौबीस घण्टों के दौरान पन्ना टीकमगढ़ छतरपुर सागर दमोह रीवा सतना सीधी सिंगरौली उमरिया शहडोल और कटनी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है